केंद्र सरकार ने किसानों को फिर आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध और सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार प्रदेश में आज आमतौर पर मौसम साफ रहा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

नड्डा बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने आज देहरादून में पार्टी के विभाग प्रभारियों और कार्यालयों से जुड़े पदाधिकारियों की बैठक को सम्बोधित किया श्री नड्डा ने बताया कि भाजपा में विभाग की परिकल्पना पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने की थी जो आज फलीभूत हो रही है इन विभागों में राजनीतिक कार्यो और समाज से जुड़े विभिन्न आयाम हैं जिनकी मदद से पार्टीजन विभिन्न क्षेत्रों में कार्य भी कर सकते हैं और पार्टी को दिशा देने के साथ साथ पार्टी के विचार और कार्यक्रमों को जनता तक पहुँचा सकते हैं इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को कार्यालयों और विभागों में सक्रियता से अपनी भागीदारी निभाने को भी निर्देशित किया उन्होंने कहा कि संगठन को चलाने के लिए एक रूपता की आवश्यकता है और सभी को अपनी चिंता को छोड़कर संगठन की चिंता करनी चाहिए उन्होंने बताया कि आध्रनिक पार्टी कार्यालयों का निर्माण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है क्योंकि कार्यालय ही एक ऐसी जगह है जहां कार्यकर्ताओं को अच्छा वातावरण मिलने पर एक अच्छे कार्यकर्ता का निर्माण होता है श्री नड्डा ने कार्यकर्ताओं से अपने कार्य का ब्लू प्रिंट भी तैयार कर उसे संगठन हित में फलीभूत करने को निर्देशित किया इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश प्रभारी दुष्यन्त कुमार गौतम राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश उपस्थित थे कृषि कानून गतिरोध नये कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए किसान नेता बुधवार को सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता करेंगे

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान तैयार किए हैं श्री तोमर ने आशा व्यक्त की कि किसानों का विरोध प्रदर्शन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा उन्होंने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी

श्री तोमर ने कहा कि सरकार विवादों के समाधान के लिए ऊपरी अदालत में जाने का प्रावधान शामिल करेगी उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को यह विश्वास होना चाहिए कि नरेन्द्र मोदी सरकार जो कुछ भी करेगी वह किसानों के हित में होगा श्री तोमर ने दोहराया सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है कृषि मंत्री ने किसान संघों को विरोध प्रदर्शन के दौरान अनुशासन बनाये रखने के लिए धन्यवाद दिया है आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की दस तारीख को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की आधार शिला रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बताया है कि नए भवन का निर्माण अगले एक सौ वर्ष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है

चमोली लोकार्पण चमोली जिले के थराली में आज नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत ने नवनिर्मित सिविल जज जूनियर डिविजन न्याय भवन का लोकापर्ण किया इस दौरान उन्होंने थराली में न्याय भवन के उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को न्याय मिलने में अधिक सुविधा मिलेगी श्री मलिमत ने कहा कि आज समाज न्यायपालिका से क्या चाह रहा है इस बात पर सभी को मंथन और उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए उन्होंने कहा कि आज अधिवक्ताओं को तकनीकी रूप से भी प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि समय की जरूरत के हिसाब से न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी आए इस अवसर पर श्री मलिमथ ने थराली न्यायालय परिसर मे पौधरोपण भी किया

पिथौरागढ़ में सुबह से ही तेज हवाओं के चलने और बादल छाये रहने से ठंडक महसूस की गयी मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दो दिनों मे उत्तरकाशी चमोली रूद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के उचाई वाले इलाको मे कही कही हल्की बारिश और हिमपात होने की संभावना है जबकि अन्य स्थानों पर मौसम साफ बना रहेगा

राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर आम्बेडकर के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए राजधानी देहरादून समेत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गये

अल्मोड़ा जागरूकता अल्मोड़ा जिले में पुलिस कर्मियों द्वारा छात्र छात्राओं को कोरना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक किया गया है

उन्होंने कार्यक्रम में मैजूद सभी लोगों से बार बार हाथ धोने खांसते या छिंकते समय रुमाल का इस्तमाल करने बीमार होने पर स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाने के लिये प्रेरित किया मकर संक्रांति मेला प्रदेश की कुमाऊं मण्डल की काशी जिला बागेश्वर में इस बार कोरोना संक्रमण के चलते मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला उत्तरायणी मेला औपचारिक रूप से मनाया जाएगा

उत्तरायणी मेले के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में यह तय किया गया है कि इस बार उत्तरायणी मेला भव्य रूप से आयोजित नहीं किया जाएगा और धार्मिक अनुष्ठान गंगा स्नान और जनेऊ संस्कार आदि सिर्फ चिह्नित स्थानों पर ही हो सकेंगे इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यापारिक गतिविधियां और विकास प्रदर्शनी के स्टाल आदि नहीं लगाए जाएंगे इस दौरान मेले में आने वाले लोगों की मुख्य चौराहों के साथ साथ विभिन्न मार्गों पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी शहीद स्मारक राज्य निर्माण आन्दोलन में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले शहीदों की याद में पौड़ी जिले की सतपुली तहसील के मलेठी गाँव में जल्द ही एक शहीद स्मारक बनाया जाएगा इस स्मारक को बनाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सुन्दर सिंह चौहान ने अपनी पांच नाली भूमि दान की है इसके साथ ही मानव विकास एवं विश्व शांति मिशन के तत्वाधान में राज्य आन्दोलन कारियों द्वारा उत्तराखण्ड बलिदान ब्रिगेड का भी गठन किया गया है साहसिक पर्यटन पिथौरागढ़ जिले के लिए आज का दिन साहसिक पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक रहा

पिथौरागढ़ की आइस संस्था द्वारा जिला प्रशासन सहयोग से बिर्थी वाटर फॉल में पहली बार रैपलिंग की गई है